मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिये कि आकांक्षात्मक जनपदों में अवस्थापना एवं विकास संबंधी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये जिससे आम जनता लाभान्वित हो सके

उन्होंने कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही शिकायत के निस्तारण का आधार होना चाहिए मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों द्वारा उल्लेखनीय कार्यों के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर देते हुये कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपन कार्यालयों में पूर्वान्ह साढे नौ बजे से साढ़े दस बजे तक जन सुनवाई अवश्य करें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि हर पात्र गरीब को पक्का मकान मिले जिसे पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार प्रयासरत है उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि सरकार कानपुर देहात की चारों विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण करवा रही है

इससे पता चलता है कि मौजूदा समय में सरकार के सभी उपाय और गतिविधियां व्यापक सुधारों के अनुरूप हैं वायु प्रदूषण आज की सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के रूप में एक समयबद्ध रणनीति पिछले वर्ष शुरू की गई भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हैं जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ रहा है

वहीं बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है

परीक्षा से जुड़ा तनाव दूर करने के लिए देश विदेश के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से संबंधित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस साल बीस जनवरी को होगा

भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए मोबाईल एप मनी जारी किया है मनी का अर्थ है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटीफायर आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कल मूम्बई में इसे जारी किया

आरबीआई ने कहा है कि इस एप के जरिए द्रष्टिबाधित लोग नोटों को पहचान सकते हैं डाउनलोड करने के बाद यह एप बिना इंटरनेट के भी काम करेगा इसके जरिए उपयोगकर्ता कैमरे का उपयोग करके नोट को स्कैन कर सकते हैं एप नोट को पहचान कर हिन्दी और अंग्रेजी में बोलकर जानकारी देगा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

भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष द्वारा कथित रूप से फैलाये जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार से निपटने के लिये लोगों को घर घर जाकर जानकारी देने का पांच दिन का कार्यक्रम शुरू किया है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी लखनऊ के साथ खास बातचीत में कहा कि प्रदेश व्यापी इस अभियान क माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता एक लाख गांवों में जाकर पचास लाख परिवारों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करेंगे बाइट कुछ राजनैतिक विपक्षी दल जो निहित स्वार्थ वोट की राजनीति के लिये देश के लोगों में एक भ्रम डाल रहे हैं एक उनको उन्माद का वातावरण बना रहे हैं उसको बेनकाब करने के लिये और सीएए की सच्चाई लोगों को बताने के लिये भारतीय जनता पादी के सम्मानित नेतृत्व में एक लाख गांवों में सम्पर्क करने का जिसमें पचास लाख परिवारों में संवाद के जरिये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता जाकर एक जनवरी से पांच जनवरी तक का यह अभियान है और इसका मकसद कुल इतना है कि लोगों को बताया जाय कि सीएए कानून जो है वो नागरिकता जो शरणार्थी हैं जो बरसों से नारकीय जीवन बिता रहे हैं उनको कानून का संरक्षण देना उनको नागरिकता प्रदान करना है और यह कानून किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है इसको लेकर के पूरा विपक्षी दल एक प्ररे देश में भ्रम का वातावरण बनायाहै उत्तर प्रदेश शिया वक़फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को समर्थन देने को लिये कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को दोषी ठहराया है उन्होंने कहा कि पीएफआई सरकारी और निजी सम्पत्तियों को नष्ट करके प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने के लिये ज़िम्मेदार था श्री रिजवी ने आरोप लगाया है कि पीएफआई का अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ संबंध है उन्होंन कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि यह राष्ट्र विरोधी संगठन अपनी नापाक गतिविधियों को पूरा करने के लिये भारत नेपाल सीमा में चल रहे मदरसो का दुरूपयोग कर रहा है आज लखनऊ में एक लिखित बयान में श्री रिजवी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले संगठनों को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है शिया वक्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे किसी भी राष्ट्र विरोधी संगठन का समर्थन न करें और देश के विकास और भाईचारे के लिये एक जुट हों

गुरु गोबिन्द सिंह ने अपना जीवन सत्य न्याय और करुणा जैसे मूल्यों की रक्षा के लिये समर्पित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोबिन्द सिंह जी ने लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोबिन्द सिंह की शिक्षाएं युगांतरकारी हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि हम पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करते हैं गुरू गोबिन्द सिंह का प्रकाश पर्व आज प्रदेश में पारंपरिक ढंग से मनाया गया राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध नाका गुरूद्वारे सहित अन्य गुरूद्वारों में गुरूवाणी का विशेष आयोजन किया गया और शहर में शोभा यात्रा निकाली गई अमरोहा में प्रभातफेरी निकाली गई और गुरूद्वारों में गुरूवाणी शबद कीर्तन आयोजित कर लंगर छकाया गया महोबा में प्रकाश पर्व पर गुरूद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया जहां गुरूवाणी कीर्तन और कथा विचार आयोजित किया गया शहर में निकाली गई शोभा यात्रा में सिख समुदाय के लोगों द्वारा अचंभित कर देने वाले करतब भी दिखाये गये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद देवी प्रसाद त्रिपाठी का लम्बी बीमारी के बाद आज दिल्ली में निधन हो गया

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में जन्मे डीपी त्रिपाठी कालेज के दिनों में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि देवी प्रसाद त्रिपाठी एक विख्यात राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने जीवनभर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उनके निधन से शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है

वेबसाइट पर व्यवधान आने के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाने के मददेनज़र यह निर्णय लिया गया है